राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि संविधान की रक्षा करना और इसे मजबूत करना न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की जिम्मेदारी है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 श्री कोविंद ने कहा कि संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है लेकिन उन्हें भी संविधान का पालन कर इसकी सूरक्षा करनी चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान स्वतंत्र भारत का आधुनिक और भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सजीव दस्तावेज है संविधान दिवस पर ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय दायित्व है कि लोग अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को अपनाएं श्री मोदी ने टवीट में कहा कि देश सविधान सभा की महान विभूतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्वता व्यक्त की है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 उन्होंने कहा कि यह संकट के समय इन सबको दिशा निर्देश देता रहा है और पिछले सात दशकों से एक बड़ी ताकत बना हुआ है कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धर्म जाति समुदाय आर्थिक सम्पन्नता या साक्षरता का भेद किए बिना एक आम भारतीय का देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना भारतीय संविधान की विशेषता है इस अवसर पर प्रदेश में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आकाशवाणी लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने भारतीय संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया हमीरपुर में एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर संविधान में दिये गये मूल अधिकारो पर चर्चा की गई

इस अवसर पर मुंबई हमले के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुम्बई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है श्री कोविंद ने कहा है कि भारत न्याय सुनिश्चित करने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा

श्री मोदी आज भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर में च्रनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराधियों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अधिक मजबूती से लड़ी जा रही है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा करते हुए कहा कि देश का हर नागरिक बहाद्र सैनिकों पर गर्व करता है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 एक ट्वीट में कर्नल राठौड़ ने कहा कि यह दुखद दिन लोगों को हमेशा ही एकजुट रहने और भारत को पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का स्मरण कराता रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के उपराष्ट्रपति माइस पेंस के बीच सिंगापुर में हुई मुलाकात के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद अमरीका ने यह कदम उठाया है ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत से सिर्फ इन दानों शहरों को यूनिवर्सिटी सिटी वर्ग में चुना गया है फिल्मों के श्रेष्ठ लेखक सलीम खान को सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के विशेष प्रस्कार से सम्मानित किया जायेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से बीमारियों के विरूद्ध टीकाकरण अभियान में जुड़ने का आहवान करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिये सबको सहभागी बनना होगा उन्होंने कहा कि राज्य के अड़तीस जिलों में जापानी इंसेफलाइटिस जेई के खिलाफ चलाये गये अभियान में एक हद तक सफलता मिली है श्री योगी आज लखनऊ में मिजल्स और रूबेला बीमारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरूआत कर रहे थे यह अभियान प्रदेश भर में पांच सप्ताह तक चलाया जायेगा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में आठ करोड़ बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नौ माह से पन्द्रह साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है

श्री योगी ने कहा कि खसरा और रूबेला टीकाकरण का यह देश का सबसे बड़ा अभियान है

जनपद में सात लाख बत्तीस हजार बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मेरठ में टीकाकरण अभियान का श्रभारम्भ विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने संयुक्त रूप से किया जनपद में तेरह लाख बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा प्रदेश में मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की मांग में प्रतिवर्ष क्रमशः आठ और चार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उत्तर प्रदेश तेल उद्योग के कार्यकारी निदेशक अरूण कुमार गंजू ने लखनऊ में कल पत्रकारों को बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य में नौ हजार तीन सौ सड़सठ रिटेल आउटलेट खोले जायेंगे उन्होंने बताया कि चार हजार सात सौ तेरह आउटलेट शहरी क्षेत्रों में और चार हजार छह सौ चौवन आउटलेट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यवसाय को आसान बनाने के निर्देशों पर अमल करते हुए तेल कम्पनियों ने पहली बार आउटलेट के लिये ऑन लाइन आवेदन की व्यवस्था की है